सवाई माधोपुर के जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने कोरोना जागरूकता संदेश के तहत पात्र लोगों से अधिक से अधिक टीकाकरण करवाने की अपील की है

ये कोरोनाकाल में एक ही दिन में अब तक की रिकॉर्ड संख्या है

प्रदेश में बढ़ते कोरोना संकमण को लेकर चिकित्सा विभाग और प्रशासन अलर्ट है अजमेर के जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले से सटी सीमाओं पर चैक पोस्ट स्थापित कर जांच शुरू की जाएगी बसों और अन्य वाहनों से आने वाले यात्रियों पर निगरानी रखी जाएगी करौली जिले में भी कोरोना संकमण को रोकने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर बार कोर ग्रूप का गठन किया गया है

इस अवसर पर आज सुबह विशेष कार्यक्रम जन जन की वाणी प्रसारित किया गया इसमें कलाकारों ने संगीतमयी प्रस्तुति दी आकाशवाणी के प्रसिद्ध उद्घोषक और कंमेटटेटर दिवंगत जसदेव सिंह की स्मृतियां उन्हीं की जुबानी साझा की गई राज्यपाल कलराज मिश्र ने आकाशवाणी जयपुर के स्थापना दिवस पर शुभकामनाए देते हुए अपने संदेश में कहा कि संचार माध्यम का समाज से निकट का रिश्ता होता है जिसे आकाशवाणी बखूबी निभा रहा है प्रदेश में अब दुपहिया वाहन खरीदने वालों को निःशुल्क हेलमेट मिलेगा इसके लिए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है अब विभाग द्वारा प्रदेश के सभी वाहन डीलर्स को निर्देश जारी किये जा रहे है

आज पहले मैच में शाम साढ़े सात बजे मौजूदा चैम्पियन मुम्बई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरू से होगा

प्रदेश में अधिकतम तापमान में कमी आने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है